इस बीच धौलपुर में संकमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में कोरोना संकमण स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि रात्रिकालीन कफर्यू जारी रहेगा साथ ही सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त तथा कार्यवाही सख्त होगी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे

पंजीकरण के बाद ही टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है और ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे देश की व्यापक विभिन्नताओं वाली विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह निलंबन आज मध्य रात्रि से शुरू होगा

केन्द्र सरकार की ओर कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है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

सात निकायों में निर्दलीय पार्षद उपाध्यक्ष बने हैं

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर राज्यपाल कलराज भिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया है श्री मिश्र ने कहा कि वोरा जनप्रिय राजनीतिज्ञ थे वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वोरा सार्वजनिक जीवन में प्रतिबद्धता प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास विचारधारा के प्रति अदूट समर्पण तथा संगठनात्मक कौशल के लिए याद किए जाएंगे

इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में दस दस हजार रूपए जमा होंगे

यह योजना केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसमें देशभर से स्कूली विद्यार्थियों के ऐसे सबसे अच्छे मौलिक और सुजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं तथा उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं

उधर बीकानेर के लूणकरणसर हाईवे पर पुलिस ने डोडा पोस्त सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है